फिलहाल जिले में कोई भी पाजीटिव मरीज उपचाराधीन नहीं है

इसके लिए उन्हें ऑनलाईन आवेदन करना होगा

मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए मशवरा समूह प्रतिदिन बैठक करेगा

उन्होंने कहा कि श्रेणी ग और घ के कर्मचारियों का रोस्टर बनाने के लिए कह दिया गया है मुख्यमंत्री ने आज अपने संबोधन में तालाबंदी के समय का सद्रपयोग करने के लिए भी कहा और उम्मीद जताई कि जल्द ही सामान्य जीवन शुरू हो जायेगा

उन्होंने कहा कि स्कूलों को घर तक लेजाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि आज के समय का मंत्र स्टडी एट होम है इसलिए घर पर ही रहकर पढाई को जारी रखना होगा उन्होंने एनईईटी और गेट की परीक्षा स्थगित होने की जानकारी भी दी

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तालाबंदी के दौरान आम लोगों की मदद के लिए किए गए प्रयासों का लाभार्थियों ने स्वागत किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही है हरियाणा के जींद जिले के किसानों बलबीर सुखबीर महावीर सुरजमल और जोरा सिंह ने आज आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि इस योजना के तहत उनर्के खाते में दो दो हजार रूपए आए हैं तालाबंदी के दौरान इन पैसों के उन्हें काफी राहत मिली है

तालाबंदी के दौरान चल रही परेशानी के दौर में वे इससे बीज खरीद सकेंगे जो कि एक राहत वाली बात है

करनाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि करनाल के कल्पना चावला मेडीकल कॉलेज में उपचाराधीन जिले के अंतिम दो मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी नैगेटिव आने पर अस्पताल से छटटी दे दी गई है मेडीकल कॉलेज के प्रशासन ने दोनो मरीजों को छटटी दे कर घर भेज दिया है अस्पताल स्टाफ ने दोनो को तालिया बजाकर विदाई दी

यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राहक भी मास्क लगा कर ही पुस्तकों की खरीददारी करें श्री बिढान ने कहा कि सामाजिक दूरी का ध्यान न रखने वाले दकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी श्री बिढान ने आज निजी स्कल संगठन के पदाधिकारियों और स्कल प्रतिनिधियों की एक बैठक भी ली और स्कूल संचालकों से बच्चों के स्कूल में दाखिले के समय अभिभावकों से केवल एक माह की फीस लेने व दाखिला फीस न लेने को कहा और उन्हें तालाबंदी को पालना में प्रशासन का सहयोग करने का अनुरोध भी किया हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों को तालाबंदी के दौरान फल फूल सब्जी ख्ंम इत्यादि की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बागवानी अधिकारियों को तैनात करने के निर्देश दिये हैं एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विशेष डयूटी पर लगाए गए यह अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों का उत्पादन उपलब्धता एवं आपूर्ति ठीक तरह से हो और किसी प्रकार की कोई कमी न हो

पुलिस प्रवक्ता ने आज चण्डीगढ में बताया कि गिरफतार किए गए आरोपियों की पहचान भिवानी जिले के गांव प्रेमनगर निवासी मंजीत कालिया और कवारी निवासी संदेश क्मार गोलू के रूप में हई है